राज्य विधानसभा में आज अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर हुए हंगामे के बीच मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया वहीं हंगामे के बीच कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद एक विधायक के मत विभाजन की मांग के बाद हुए मतदान में अध्यक्ष पद के कांग्रेस उम्मीदवार एनपी प्रजापति को निर्वाचित घोषित कर दिया गया

उन्होंने इसके बाद अध्यक्ष पद भी संभाल लिया उन्हें मुख्यमंत्री कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविंद सिंह समेत मंत्रियों और विधायकों ने शुभकामनाएं दी वहीं भाजपा ने चुनाव में प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कांग्रेस की ओर से आए श्री प्रजापति के पक्ष वाले चार प्रस्तावों को पढ़ा जबकि भाजपा उम्मीदवार विजय शाह के पक्ष में प्रस्ताव को कार्यसूची में होने के बावजूद नहीं पढ़ा गया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि उनकी ओर से श्री शाह को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बताते हुए प्रस्ताव पेश किया गया था इसे कार्यसूची में शामिल किए जाने के बावजूद सदन में पढ़ने नहीं दिया गया वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है कांग्रेस के पास बहुमत है और आज उसने यह साबित भी कर दिया है राज्यपाल अभिभाषण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है और किसानों की ऋण माफी आध्यात्म विभाग के गठन के साथ ही हाल ही के दिनों में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार ने जो कहा है वह करके दिखाया है श्रीमती पटेल ने नवगठित पंद्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन अपने अभिभाषण में यह बात कही लगभग पंद्रह मिनट के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार लोगों ने नयी सरकार पर भरोसा जताया है उन्हें विश्वास है कि नयी सरकार जन अपेक्षाओं और स्वयं को मिले जनादेश पर खरी उतरेगी

भाजपा ज्ञापन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आज विधानसभा में अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं से परे कार्य होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अवगत करा दिया गया है श्री भार्गव ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल ने नियमों के अनुरूप इस मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया है इसके पहले भाजपा विधायक विधानसभा से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचे और फिर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की पी नरहरि मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के सचिव पी नरहरि भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कार्यवाहक क्लपति बनाए गए हैं ये पद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे श्री जगदीश उपासने के त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त था राज्य सरकार द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार श्री नरहरि को विश्वविद्यालय के नियमित कलपति की नियुक्ति तक अस्थाई रूप से कार्यवाहक क्लपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है

विभिन्न ट्रेड यूनियनों की दो दिनी हड़ताल के चलते कल भी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में कामकाज प्रभावित होगा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक वीके शर्मा ने बताया कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों और अन्य स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आठ और नौ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है हड़ताल के दौरान आज बैंककर्मियों ने रैली और सभाओं का आयोजन किया

इस दौरान उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के समाचार ब्लेटिनों को निजी एफएम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है श्री राठौड़ ने निजी एफएम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने इस शुरूआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है भारतीय रेडियो ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख अनुराधा प्रसाद ने भी इस सहयोग को समाचार प्रसारण के क्षेत्र में एक अच्छी शुरूआत बताया है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी उपस्थित थे

इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी राज्यपाल स्कूल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज भोपाल के कुम्हारपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में अनेक शैक्षणिक नवाचारों का शुभारंभ किया श्रीमती पटेल ने इस स्कूल को गोद लिया है भोपाल के बैंक आफ बड़ोदा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया बीएसएनएल और ग्वालियर की मुस्कान फाउन्डेशन के सहयोग से स्कूल को स्मार्ट बनाने की शुरूआत की है आज सुबह श्रीमती पटेल ने स्कूल में लगाये गये शिलालेख का अनावरण किया और यहां शुरू किए गए स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई है कल प्रदेश में सबसे कम तापमान दो डिग्री सेल्सियस बैतूल में दर्ज किया गया

वहीं सिवनी दमोह राजगढ़ धार शाजापुर और उज्जैन में भी कल का दिन काफी ठंडा रहा आज रीवा और सागर संभाग तथा पश्चिम मध्यप्रदेश में कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है अगले दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है धुंध और कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही है

उज्जैन कलेक्टर ने भी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है

होशंगाबाद में शीतलहर के चलते ठंड का असर बढ़ा है

प्रतियोगिता में ओवर ऑल चेम्पियनशिप की ट्रॉफी मध्यप्रदेश की टीम को दी गई